उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार के इन सुधारो के बारे में अविश्वास का कोई कारण नहीं है और झूठ के लिए कोई ग्रंजाइश नहीं है

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा बनाए गए कृषि स्धार कानूनो ने अब किसानों को अपनी मर्जी का मालिक बना दिया है वे अपनी मर्जी से मंडी अथवा उसके बाहर कहीं भी देश विदेश में जहां उन्हें अच्छा दाम मिले अपनी फसल बेच सकते हैं इसी प्रकार फसल अन्बंध के माध्यम से किसानों को उनकी फसलों का निश्चित एवं अधिक मूल्य मिलेगा स्टॉक लिमिट समाप्त करने से व्यापारियों दवारा फसलों की अधिक खरीदी होगी जिससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होगा एक करोड से अधिक लोगों ने किसान महा सम्मेलन में भाग लेने के लिए वेबसाइट पर पहले से अपना नाम दर्ज कराया था पीएम एसोचैम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वाणिज्य संगठन एसोचैम की स्थायपना सप्ताह के आयोजन को प्रमुख वक्ता के रूप में वीडियो कॉन्फ्रॅसिंग के जरिए संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री श्री रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी प्रदान करेंगे श्री रतन टाटा टाटा समूह की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे

चार सौ वाणिज्यय संघों और व्यापारिक संगठनों वाले एसोचैम में देश में साढ़े चार लाख से अधिक सदस्य हैं

सरकार महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए तत्पर है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य चिकित्सा अनुसंधान और विकास में निवेश तथा टेलीमेडिसिन के लिए कौशल का विकास महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है बजट में इन सब पर फोकस रहेगा

तोमर पत्र केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की है कि वे नये कृषि कानून के बारे में किये जा रहे दृष्प्रचार से भ्रमित न हों कृषि मंत्री ने किसानों से इन कानूनों के तथ्यों को समझने और बातचीत करने का आग्रह किया श्री तोमर ने कल जारी ख्ले पत्र में किसानों को आगाह किया कि इन कानूनों के खिलाफ भड़काने वाले राजनीतिक दलों के बहकावे में न आएं जो अपने राजनीतिक हितों के लिए उन्हें गुमराह कर रहे हैं

हालांकि सलाह यही होगी कि वैक्सीन की पूरी खुराक ली जाए

मंत्रालय ने कहा कि भारत में उपलब्ध वैक्सीन भी दूसरे देशों में विकसित वैक्सीन जितनी ही कारगर होगी

दूसरी खुराक लेने के दो हफ्ते बाद शरीर में एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर तैयार होता है वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर में कमी आई है

प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि मरीजों की कुल संख्या दो लाख उनतीस हजार से अधिक हो गई है

अच्छी खबर यह है कि रोजाना नए मरीजों से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं